इस नीति में भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के डिजाइन और विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र बनाने की रूपरेखा दी गई है इससे भारतीय उद्योग के लिए अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा की है

नई दरें इस साल पहली जनवरी से लागू होंगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र बिलासप्र जिले के दौरे के दौरान आज विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व उदघाटन करेंगे वे ब्रहमपुखर दियोटशैली संपर्क मार्ग के स्तरोन्नयन का भूमि पूजन और धलेट जंदोरी सड़क का लोकार्पण करेंगे

बाद में मुख्यमंत्री का नैना देवी भाजपा मंडल द्वारा आयोजित आभार रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है रामस्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा कुल्लू जिले में बंजार विधानसभा क्षेत्र के सैंज में आज दो दिवसीय सांसद स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ करेंगे उन्होंने लोगों से इस स्वास्थ्य मेले में आकर लाभ लेने की अपील की है किसान सम्मान कुल्लू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए पात्र किसानों से आवेदन प्राप्त करने और उनका डाटा पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है उपायुक्त युनूस ने बताया है कि जिले के सभी विकास खंडों में ये कार्य विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है

गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाली महिलाओं ने इस योजना को बेहद फायदेमंद बताया है अखबारों की सुर्खियों से आज समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण का शीर्षक है बर्फबारी बनी परेशानी उपरी शिमला का संपर्क कटा

दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का कहर लाहुल में बर्फीले तुफान से छतें उड़ीं आपका फैसला ने लिखा है लाहुल के लोहणी में हिमखंड गिरा घरों की छतें ध्वस्त

दैनिक जागरण के शब्द हैं पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल

अजीत समाचार के मुताबिक लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में भारी प्रशासनिक फेरबदल

एक नजर सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय संस्कारों का पाठ में लिखा है कि स्कूलों में बच्चों को नैतिक शिक्षा व संस्कारों का पाठ पढ़ाया जा रहा है लेकिन जब तक घर में उस पाठ का दोहराव नहीं होगा तब तक बच्चों में उन संस्कारों का प्रसार नहीं हो सकेगा दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय एनजीटी के सांचे में नया परिवहन में राजधानी शिमला में एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने की जरूरत बताई है